यह दर अब पंचानबे दशमलव तीन दो प्रतिशत हो गयी है कृषि मंत्री बादल ने कहा कि राज्य सरकार एक रुपये की टोकन मनी लेकर राज्य के किसानों का कर्ज त् माफ करेगी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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल वर्चुअल माध्यम से जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय परिसर में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि विवेकानंद की यह प्रतिमा उस ज्योर्तिपृंज का प्रतिबिंब है जिसने भारत में नई चेतना का संचार किया प्रधानमंत्री ने उम्मीद जाहिर की कि इस प्रतिमा से लोगों को वैसा ही साहस और वैसी ही प्रेरणा प्राप्त होगी जैसा स्वामी विवेकानंद प्रत्येक व्यक्ति में देखना चाहते थे उन्होंने कहा कि यह प्रतिमा लोगों को करुणा का संदेश भी देगी जो स्वामीजी के दर्शन का आधार है

विधानसभा के विशेष सत्र में आदिवासी सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित होने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की मुख्यमंत्री ने कल रांची में सरना धर्म के प्रतिनिधियों से मुलाकात में कहा कि सरना आदिवासी धर्मकोड का प्रस्ताव तो झारखंड विधानसभा से पारित करा लिया गया है लेकिन अभी कई लड़ाइयां लड़नी है उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से इसे हर हाल में लागू कराने का प्रयास किया जाएगा ताकि आगामी जनगणना में इसे शामिल किया जा सके

भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता बाबुलाल मरांडी को विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष बनाये जाने के मामलों पर भाजपा की ओर से विधान मंडल के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बताया कि बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के मामले में हो रहे विलम्ब को देखते हुए पार्टी ने हाईकोर्ट में फरियाद की है

इसलिए स्वस्थ होने की दर में लगातार बढ़ोत्तरी दर्ज की जा रही है

जबकि इसमें एक लाख नौ सौ आठ संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं स्वास्थ्य विभाग से जारी रिपोर्ट के अनुसार अब राज्य में केवल तीन हजार छह सौ अठारह मामले ही सकिय हैं जिनका विभिन्न कोविड सेंटर या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है गुरूवार को राज्य में दो सौ उनहत्तर नए संक्रमित मिले थे रांची में पैंसठ लोग कोरोना पॉजिटिव पाये गए थे राज्य में अबतक कुल मिलाकर दो सौ सत्तर लोगों की मौत हई है जामताड़ा जिले में कोरोना टेस्टिंग ड्राइव लगातार जारी है

कृषि मंत्री बादल ने कहा कि राज्य सरकार कृषक हित के लिए एक रुपये की टोकन मनी लेकर राज्य के किसानों का कर्ज माफ करेगी

श्री बादल ने कहा कि किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए योजनाबंद्व तरीके से कार्य कर रही है

कृषिमंत्री रांची के मोरहाबादी स्थित रामकृष्ण मिशन ऑडोटोरियम में कृषि विभाग द्वारा आयोजित रबी संगोष्ठी और शत प्रतिशत अनुदान पर रबी बीज वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे झारखंड राज्य प्रद्षण नियंत्रण पर्षद ने रांची समेत चौदह जिलों के शहरी क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता स्तर को थोड़ा प्रदूषित श्रेणी में शामिल करते हुए दीपावली के दिन सिर्फ दो घंटे तक हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है

राज्य के जिन जिलों के शहरी क्षेत्रों को थोड़ा प्रदृषित श्रेणी में रखा गया है उनमें रांची रामगढ़ बोकारो पलामू पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम सरायकेला खरसावां हजारीबाग गिरिडीह धनबाद देवघर गोड्डा पाकुड़ और साहेबगंज शामिल है

उन्होंने बताया कि राज्य में दीपावली के अलावा छठ किसमस और नववर्ष समेत अन्य त्योहारों के समय पटाखे मात्र दो घंटे तक ही चलाये जा सकेंगे झारखंड सरकार ने रांची एयरपोर्ट से पांच और विमानों के परिचालन को अनुमति दी है इस निर्णय के बाद अब रांची से प्रतिदिन सत्रह विमानें उड़ान भर सकेंगे अभी रांची से दिल्ली मुम्बई बेंगलूरू हैदराबाद और कोलकाता के लिए बारह विमान सेवाएं चल रही हैं पर्व त्यौहारों में यात्रियों की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने पांच और उड़ानों को अनुमति दी है रेलवे ने छठ पर्व को देखते हुए रांची से सासाराम जाने के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है यह ट्रेन पंद्रह नवंबर से तीस नवंबर के बीच शनिवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलेगी इस ट्रेन में कुल चौदह कोच होंगी वापसी में सासाराम आने वाली स्पेशल ट्रेन सोलह नवंबर से एक दिसंबर तक रविवार को छोड़कर सप्ताह के प्रतिदिन चलेगी राजधानी रांची में धनतेरस से लेकर काली पूजा विसर्जन तक विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त इंतजाम किये हैं पूजा पंडालों बाजार और शहर के प्रमुख स्थानों पर पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है पुलिस के छत्तीस बाईक दस्ते में शहर में पेट्रोलिंग करेंगे इसके अलावा किसी भी फायरबिग्रेट की बहानों और एम्बुलेंस तैयार रखे जाएंगे यह व्यवस्था सोलह नवंबर तक जारी रहेगी राजधानी रांची में दीपावली और छठ पर्व के मौके पर निर्बाध रूप से बिजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम ने रांची सर्किल के लिए कंट्रोल रूम बनाया है यहां तीन शिफ्ट में कर्मचारी ड्यूटी करेंगे वहीं गुरूवार को सभी सबस्टेशनों में कर्मचारियों को लिए विशेष सत्र चलाया गया है इस दौरान कर्मचारियों को सुरक्षा के लिए हेलमेट बेल्ट और हैंड ग्लब्स पहनने को जरूरी बताया गया निगम ने लोगों को शिकायत दर्ज कराने के लिए कार्यपालक अभियंताओं के मोबाइल नम्बर जारी किए हैं विश्व शौचालय दिवस को लेकर रामगढ़ जिले में विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है

हिन्दुस्तान ने आत्मनिर्भर भारत के तहत राहत पैकेज की खबर का शीर्षक किसानों कर्मचारियों को दिवाली को तोहफा दिया है

रांची एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सरना धर्म कोड को लेकर दिए बयान जो कदम उठे उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देगी को अपनी पहली खबर बनाया है अंग्रेजी में प्रकाशित द टाइम्स ऑफ इंडिया की पहली खबर में नीतीश कुमार का बयान है अगले मुख्यमंत्री का निर्णय एनडीए करेगा मैंने किसी तरह का दावा नहीं किया